इस दौरान स्कूल और कॉलेजों में चल रही परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में कोरोना वायरस पर विशेष वक्तव्य देते हुए यह ऐलान किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीमारी के संक्रमण के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क है और मेलों उत्सवों व खेल आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है उन्होंने कहा कि सरकार यह भी प्रयास करेगी कि आगामी नवरात्रों के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न शक्तिपीठों व धार्मिक स्थलों में कम श्रद्वालु जुटें

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेंद्र राणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुआवजे का निर्धारण किए जाने पर सरकार प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि जारी करेगी

शेष भूमि का प्रयोग परियोजना के निर्माण के बाद जलभराव के लिए किया जाएगा

कांग्रेस के सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए यस बैंक में सरकारी विभागों और राज्य के बैंकों द्वारा जमा करवाए गए पैसे की जांच की मांग की उन्होंने इसे न दिखने वाला भ्रष्टाचार करार दिया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए

उन्होंने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की भी मांग की

उन्होंने कहा कि विकास कार्य में जनता का सहयोग जरूरी है लेकिन सरकारी विभागों की भी मदद मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि पर्यटन में रोजगार है लेकिन इसके लिए नीति बननी चाहिए और इसमें युवाओं को जोड़ना चाहिए कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल के पूरा होने पर एक लाख करोड़ रूपए का कर्ज छोड़कर जाएगी

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान आने वाले एक साल के दौरान पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडेय कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि से लोगों को मार्च महीने में भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित चम्बा कुल्लू व शिमला जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से रूक रूक कर हो रहे हिमपात से शीतलहर बढ़ गई है लाहौल स्पीति में अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग अवरूद्ध है और संचार व विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच पर पांगीनाला के पास चट्टाने गिरने से मार्ग अवरूद्व हो गया है जिसे खोलने के प्रयास जारी है इधर राजधानी शिमला में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई है वहीं सोलन सहित निचले जिलों में ओलावृष्टि व तेज वर्षा से किसानों की नकदी फसलों सहित गेहूं की फसल को काफी नुक्सान पहुंचा है